राज्य के पूर्व मंत्री चनेशराम राठिया की आज कोरोना संक्रमण की वजह से मृत्यु हो गई राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश में कोविड नाइंटीन के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों और वेंटीलेटर्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए ऑनलाइन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में साइबर थाने खोले जाएंगे

आज अपने निवास कार्यालय में पुलिस विभाग के कार्यो की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इस विशेष बल में बस्तर के संवेदनशील क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के स्थानीय युवाओं की भर्ती की जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि अंदरूनी गांवों के युवाओं की भर्ती करने से बस्तर के दुर्गम क्षेत्रों में पुलिस के लिए काम करना आसान हो जाएगा इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ पुलिस के सीजी कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया उन्होंने कहा कि यह मोबाइल ऐप आम नागरिकों को पुलिस के नजदीक लाने में मददगार साबित होगा इस मोबाइल ऐप के जरिये नागरिक अपराध की सूचनाएं या प्रकरणों से संबंधित सभी सूचनाएं एक ही क्लिक पर पा सकेंगे साथ ही नागरिक इस ऐप के माध्यम से चौदह प्रकार की सेवाओं का लाभ बिना थाना जाए ही ले सकेंगे चनेशराम राठिया निधन राज्य के पूर्व मंत्री चनेशराम राठिया की आज कोरोना संक्रमण की वजह से मृत्यु हो गई श्री राठिया को तबीयत बिगड़ने पर बीते शुक्रवार को रायगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उन्होंने आज अंतिम सांस ली उनका अंतिम संस्कार जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र के बोकरामुड़ा गांव में किया गया राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने श्री चनेशराम राठिया के निधन पर दुख व्यक्त किया है राज्यपाल ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री राठिया के निधन को राज्य के लिए अपूरणीय क्षति बताया है श्री बघेल ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री राठिया ने अपने राजनीतिक जीवन में प्रदेश की उन्नति और आदिवासी समाज सहित हर वर्ग के हित में अपना योगदान दिया वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने अपने शोक संदेश में कहा है कि दिवंगत राठिया अविभाजित मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के सर्वमान्य नेता थे वे जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव तत्पर रहे स्वास्थ्य मंत्री कोरोना समीक्षा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में कोविड नाइंटीन के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों और वेंटीलेटर्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी दूर करने के लिए प्रदेश के नौ मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री ने आज रायपुर स्थित स्टेट कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में कोविड नाइंटीन के नियंत्रण के उपायों के साथ ही इसके इलाज की व्यवस्था की समीक्षा की उन्होंने कोविड केयर सेंटर्स में भी आपात स्थिति के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था करने को कहा स्वास्थ्य मंत्री ने होम आइसोलेशन में रहकर इलाज लेने को इच्छुक मरीजों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाते हुए उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले के साथ अनेक वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए इधर स्कूल शिक्षा मंत्री और बस्तर जिले के प्रभारी डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने जिले में आयुर्वेद काढ़ा वितरण करने के निर्देश दिए श्री टेकाम ने इस दौरान धरमपुरा और बकावंड के आइसोलेशन सेंटर में भर्ती मरीजों से बातचीत भी की कोरोना मरीज प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है राज्य में कुल कोरोना पॉजीटिव मरीजों की संख्या पैंसठ हजार के करीब पहुंच गई है कल प्रदेशभर में बाईस सौ से अधिक नये मरीज मिले

वहीं लगभग बत्तीस हजार मरीज अब तक इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं वहीं दुर्ग जिले में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में हाल के दिनों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है कल जिले में रिकॉर्ड साढ़े तीन सौ मरीज मिले वहीं कोरोना संक्रमित बीस मरीजों की मृत्यु होने की भी खबर है मरने वालों में कम आयु के लोग भी शामिल हैं वहीं आज दोपहर तक प्राप्त समाचार के अनुसार दुर्ग जिले में छब्बीस कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पुष्टि हुई है जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों से इस समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है

इसी कड़ी में बिलासपुर के जिला कार्यालय में सहायता और नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष नंबर शून्य सात सात पांच दो दो पांच एक शून्य शून्य शून्य है यह नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे कार्य करेगा जिसके लिए सोलह से तीस सितंबर तक अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है इधर जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर यशवंत कुमार ने बताया कि सभी कोविड केयर केंद्रों पर गंभीर मरीजों के उपचार के लिए ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी उन्होंने बताया कि जिले में छह नये एंबुलेंस वाहन और सिटी स्कैन मशीन जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगी इस बीच राजनांदगांव जिले के कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने महाविद्यालयीन परीक्षाओं को देखते हुए अट्ठारह सितंबर तक स्टेशनरी फोटोकॉपी और कम्प्यूटर से संबंधित दुकानों को सुबह सात बजे से दोपहर एक बजे तक खोलने की अनुमति दी है गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरे नगर निगम क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है इस बीच बलौदाबाजार जिले में कल से सभी विकासखंडों के बड़े गांवों में कोरोना जांच शिविर लगाए जाएंगे

यह मन की बात कार्यक्रम की उनहत्तरवीं कड़ी होगी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 प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव देने के लिए एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल कर एसएमएस से लिंक प्राप्त किया जा सकता है राज्यपाल आदिवासी अधिकार दिवस राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आदिवासी समाज के युवाओं से आग्रह किया है कि वे सरकार की स्व रोजगार योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं कल आदिवासी अधिकार दिवस पर आयोजित वेबीनार को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि युवा मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल का मर्म समझते हुए स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर उन्हें बेहतर रूप में प्रस्तुत करें जिससे अच्छा प्रतिसाद मिलेगा साथ ही आय में भी वृद्वि होगी और आत्मनिर्भरता की ओर कदम भी बढ़ेंगे गुड गर्वेनेंस प्रदेश के चौरासी ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम पंचायत बनाया जाएगा गुड गर्वनेंस इनिशिएटिव्ह मॉडल ग्राम पंचायत कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है इसमें प्रदेश के सभी जिलों की तीन तीन ग्राम पंचायतें शामिल हैं इस संबंध में मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने सभी जिलों के जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर इस कार्यक्रम को समयबद्व ढंग से लागू करने को कहा है

साइबर थाना ऑनलाइन अपराधों पर अंकृश लगाने के लिए प्रदेश में साइबर थाने खोले जाएंगे इस संबंध में पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं इसके तहत प्रत्येक पुलिस रेंज स्तर पर पांच थाने खोलने की अनुमति दी गई है इसके अलावा डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए भी सभी पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं उन्होंने कहा है कि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मास्क लगाकर ही ड्यूटी करें साथ ही थाने और अन्य पुलिस परिसरों को नियमित रूप से सैनिटाईज किया जाए डीजीपी ने पुलिसकर्मियों से ड्यूटी पर आने जाने के लिए स्वयं के वाहन का उपयोग करने को कहा है साथ ही यातायात कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान या चालानी कार्रवाई करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं

संविधान की छठी अनुसूची में शामिल बाईस भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है केन्द्र सरकार ने राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के अनेक उपाय किये हैं आज हिन्दी दिवस पर अनेक आयोजन किए जा रहे हैं इसी कड़ी में एक ऑनलाइन समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रति एम वेंकैया नायडु ने कहा कि सभी भारतीय भाषाओं का गौरवशाली इतिहास रहा है और हमें भाषाओं की विविधता तथा सांस्कृतिक विरासत पर गर्व होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी हिन्दी दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं श्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में हिन्दी के विकास में योगदान देने वाले सभी भाषाविदों को बधाई दी है राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को हिन्दी दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं पोषण माह प्रदेश में इन दिनों राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है इसी कड़ी में कोरिया जिले में महिलाओं किशोरी बालिकाओं और बच्चों को सुपोषण के बारे में जानकारी देने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसके तहत आज आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्थानीय सब्जियों और भाजियों की प्रदर्शनी लगाई गई साथ ही इनसे मिलने वाले पौष्टिक तत्वों के बारे में जानकारी दी गई इधर जांजगीर चांपा जिले में भी राष्ट्रीय पोषण माह के तहत डिजिटल माध्यम से रंगोली और चित्रकला तथा पोषण वाटिका के जरिये जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

रेलवे स्वच्छता पखवाड़ा भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत सोलह सितंबर से तीस सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा इस दौरान रायपुर रेलमंडल के सभी स्टेशनों के साथ रेलवे परिसरों में हर रोज अलग अलग थीम के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा सोलह सितंबर को स्वच्छ जागरूकता सत्रह सितंबर को स्वच्छ स्टेशन और अट्ठारह सितंबर को स्वच्छ कार्य परिसर के साथ ही पूरे पखवाड़े के दौरान स्वच्छता से संबंधित अलग अलग विषयों पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित होंगे मौसम अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार एक चक्रवाती धेरा दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर स्थित है इसके अलावा एक मानसून द्रोणिका राजस्थान से होते हुए दुर्ग जगदलपुर तक स्थित है इसके असर से अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की संभावना है यह भारी वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हो सकती है संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभियंता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश के सभी इंजीनियरों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाईवे पेट्रोलिंग के लिए पंद्रह वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर आज रवाना किया ये वाहन बलौदाबाजार धमतरी बालोद बेमेतरा कोरिया जशपुर सूरजपुर बलरामपुर कांकेर और कोंडागांव सहित कुल दस जिलों के लिए रवाना किए गए नारायणपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकान खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं आवेदन करने की अंतिम तिथि अट्ठाईस सितंबर निर्धारित की गई है कोंडागांव जिले में सोलह पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए साक्षात्कार के बाद अंतिम चयन सूची जारी कर दी गई है अभ्यर्थी चयन सूची का विवरण जिले के विभागीय वेबसाइट और सीएमएचओ कार्यालय के सूचना पटल पर देख सकते हैं इसी जिले के विज्ञान विकास केन्द्र में आवासीय अध्ययन के लिए आवेदन पत्र इक्कीस सितंबर तक आमंत्रित किए गए हैं महासमुंद जिले की पिथौरा थाना पुलिस ने पंचायत सचिव से मारपीट करने के मामले में सोनसिल्ली गांव के सरपंच और महिला उप सरपंच के पति को गिरफ्तार किया है महासमुंद पुलिस ने बागबाहरा के पिथौरा तिराहे के पास करीब चार लाख रूपये कीमत का बयालीस किलो गांजा बरामद किया है इस मामले में चार आरोपियों को हिरासत में लिया गया है